वे आज असम के सोनितप्र जिले में ढेकियाज़्ली में असम माला कार्यक्रम का श्भारंभ के अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में सड़कों के बुनियादी ढांचे का विकास करके सड़क संपर्क बढ़ाना और राज्य की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है असम में हाल में श्रू की गई अनेक विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा प्रर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और इसमें असम की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि असम इस बात की मिसाल है कि किसी तरह सामूहिक प्रयासों से अच्छे नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रर्वोत्तर क्षेत्र आज बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है और केन्द्र इस क्षेत्र के विकास के लिए प्ररी लगन से कार्यरत है श्री मोदी ने कहा केन्द्रीय बजट में चाय मजदूरों के कल्याण के लिए एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने कोविड महामारी के प्रबंधन और टीकाकरण में भारत की उपलिब्धयों की सराहना की है प्रधानमंत्री ने कहा कि असम की स्थिति सुधारने में बुनियादी ढांचे के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि असम माला कार्यक्रम से राज्य में ब्रनियादी ढांचे को और बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमितशाह के प्रयासों से ही बी टी आर समझौता संभव हो पाया है

टूर्नामेंट के दूसरे दिन आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टीम ने इंडिया पोस्ट को पराजित कर दिया इस टूर्नामेंट में इंडिया पोस्ट की लगातार दूसरी हार है वहीं आज खेले गए दूसरे मैच में प्रसार भारती ने बी एस एन एल को अड्डारह रनों से शिकस्त दी प्रसार भारती की श्रुआत अच्छी नहीं रही लेकिन बाद में मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हए टीम को विजय दिलाई